प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं है और वह सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों के निजीकरण के लिए वचनबद्ध हैं जो चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते केन्द्रीय बजट में किये गये विभिन्न सुधारों के बारे में कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह उद्यमों और कारोबारों की मदद करे लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सरकार उनकी स्वामी बनी रहे और उन्हें चलाये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के सरकार के कदम की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इनमें से अर्थव्यवस्था के लिये बोझ बने कई उपक्रमों को जनता की मदद की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार कर रही है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धन का जनता के कल्याण कार्यो में उपयोग सुनिश्चित करना है उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों के मौद्रीकरण और विनिवेश से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जायेगा

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिये हैं देश में रेहडी पटरी वालों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए यह सुझाव दिये गये हैं पत्र में कहा गया है कि रेहडी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं इसलिए ऋण वितरण में उनके सिविल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कल सर्वदलीय बैठक की बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए बैठक के दौरान सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया गया बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के भीतर जन सरोकार से जुड़े मुददों पर सकारात्मक बहस के लिए सभी तैयार हैं उन्होंने यह भी कहा कि जो लंबित आश्वासन हैं उसे कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है साथ ही सदन में उठे सवालों का जवाब सही और समय पर देना सरकार और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी है इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के सचियों और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री आमलगीर आलम ने कहा कि सभी अधिकारियों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया है ताकि सदस्यों की तरफ से पूछे गये सवालों के जवाब देने में सरकार को देरी न हो

कोरोना संकमण को देखते हए सत्र संचालन के दौरान कई एहतियातन उपाय किये जा रहे हैं विधान सभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि बिना कोरोना जांच कराये कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो पायेगा

पत्रकारों को भी बिना कोविड टेस्ट कराये प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जायेगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को देना होगा

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव केके सोन आज धनबाद सदर अस्पताल और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल का दौरा करेंगे मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन से लेकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का वे जायजा लेंगे साथ ही अस्पताल में विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेंगे

यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मेधा डेयरी प्लांट में आयोजित कृषि संगोष्ठी सह सम्मान समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन के लिए मेधा डेयरी को हर संभव मदद दी जायेगी साथ ही दूध उत्पादकों को अन्य राज्यों की तरह प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी

आरोपी मध्य कोड़ा की ओर से दायर सीआरएमपी याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जवाब पेश किया गया ईडी के जवाब पर मध्य कोड़ा ने भी जवाब पेश करने के लिए समय मांगा

मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है सरकार के जवाब पर प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है

इस दौरान हुए पथराव में बरहडवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीके मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गये इलाज के लिए उन्हें रांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया इस मामले में बोरियो थाने में मामला दर्ज किया गया है पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं मामले की जांच की जा रही है सूर्या हांसदा पर अडानी पावर प्लांट की जलापूर्ति संरचना को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में गोड्डा थाने में मामला दर्ज है

इसमें राज्य के सभी जिलों के युवा शामिल हो सकते हैं शारीरिक परीक्षा के बाद चिकित्सा जांच और लिखित परीक्षा भी होगी भर्ती प्रकिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड लाना होगा साथ ही दो दिन पूर्व तक प्राप्त कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा

झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है

भ्रमण के दौरान ग्रामीण विकास सचिव ने कालामाटी स्थित इमली प्रसंस्करण इकाई का भी निरीक्षण किया

हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिये गए वक्तव्य बजट सत्र के दौरान सदन में उठे हर सवालों का स्पष्ट जवाब देगी सरकार को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है